प्रदेश में तीन नये जिलों चाचौड़ा मैहर और नागदा के गठन को मंजूरी

आज इस मामले में याचिकाकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की ओर से मुकुल रोहतगी और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें रखीं जबकि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होने से इन्कार किया है

उन विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल बेशक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चैंबर में पेश होने को तैयार हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश नहीं होना चाहते उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट चाहे तो उन विधायकों से कोर्ट रजिस्ट्रार मिल सकते हैं लेकिन न्यायालय ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया

राज्यपाल कांग्रेस पत्र राज्य में जारी सियासी घमासान के बीच आज सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा

इन विधायकों से आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया राज्यसभा उम्मीदवार के नाते श्री सिंह अपने मतदाता कांग्रेस विधायकों से मिल सकते हैं यही नहीं श्री सिंह और उनके साथ मौजूद अन्य पार्टी नेताओं को बंगलूर पुलिस ने हिरासत में ले लिया इसमें राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संवैधानिक प्रभाव का उपयोग करते हुए बैंगलुरु में बंधक विधायकों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं भाजपा आचार संहिता प्रदेश भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की गयी है

मंत्रिमंडल निर्णय राज्य मंत्रिमण्डल की आज भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश में तीन नये जिलों चाचौड़ा मैहर और नागदा के गठन को मंजूरी दी गई

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ऑडियो रिकार्डिंग सहित सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेगें

इसके अलावा बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों को मंजुरी दी गई

इसलिए न्यायालय को अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए इसकी अंतिम समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए लेकिन न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने समय सीमा बढ़ाने से इन्कार कर दिया

कोरोना कार्यवाही कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के मद्देनजर प्रदेशभर में सतर्कता बरती जा रही है

भोपाल जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर सुधीर डेहरिया ने बताया है कि जिले में इस बीमारी से संक्रमित मरीज नहीं हैं

उधर गुना जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से खण्डस्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया सागर संभागायुक्त ने कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर सभी कार्यालयों के बाहर सेनीटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये है पीडीएस फ्लेगशिप प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों पर उपभोक्ताओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये दिशा निर्देश जारी किये हैं राशन विक्रेता के लिये मॉस्क और सेनेटाइजर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया है जानकारी के अनुसार राशन दुकानों के विक्रेताओं से कहा गया है कि दुकान नियमित रूप से खोलें और पात्र परिवारो को सतत रूप से राशन का वितरण करें दुकान पर अधिक उपभोक्ता एक साथ एकत्रित न हों तथा वे एक दूसरे से आवश्यक दूरी पर रहें जिन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है उन्हें आगामी माह में भी राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करें

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके पूछा है कि स्कूलों के बंद होने की रिथित में बच्चों को मध्याह भोजन किस तरह उपलब्ध कराया जा रहा है क्रमोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी उच्च पदों पर दी जाने वाली क्रमोन्नति के लिये सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं मौसम पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई नरसिंहपुर जिले में भी आज ओले गिरे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज तेज बारिश के साथ ओले गिरने से रबी फसलों को नुकसान होने की संभावना है वहीं मण्डला छिंदवाड़ा जिलो में भी आज बारिश हई मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर भोपाल इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है